राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न दलों की बैठकों का दौर जारी जालौर में बीती रात एक सड़क हादसे में छ लोगों की मृत्यु

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार का राजकोषीय गणित पूरी तरह से पटरी पर है

मंत्रालय का कहना है कि इससे पिछले दो वर्षो में डिजिटल भूगतान को व्यापक रूप से अपनाये जाने का पता चलता है

म्है और छण्म्ण्ण्ण ने आम लोगों और कारोबारियों के लिए भुगतान के तरीके बदल दिये हैं

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने हमारी सुरक्षा जरूरतों को समझते हुए मामले की संवेदनशीलता पर गौर किया है अब हम इस छूट का अध्ययन कर रहे हैं

कल नई दिल्ली में एक बैठक में मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया

वित्त मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में दी गयी जानकारी के अनुसार जीएसटी अधिनियम के तहत दूतावासों वाणिज्य दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों को एक विशिष्ट पहचान संख्या यूआईएन आवंटित करने का प्रावधान है ताकि इस तरह के निकाय भूगतान किए गए जीएसटी के रिफंड का दावा कर सकें

इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में भी रिजर्व बैंक के सामने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तथा छोटे कारोबारियों का काम ठप्प हो गया जयपुर में कांग्रेस ने सिविल लाईस फाटक पर प्रदर्शन किया जिसमें सीपी जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए द्सरी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फेंस में दावा किया कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ है तथा कांग्रेस झूठ के आधार पर देशवासियों को गुमराह कर रही है

कांग्रेस की स्कीनिंग कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावडेकर के नई दिल्ली आवास पर हो रही है दोनो प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में जूटे हुये है तथा उनकी पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है इस बीच कल बहुजन समाज पार्टी ने अपने छह प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है

जिले में वल्लभनगर सीट को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है

बूंदी में हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसार हिन्डोली के सथूर बाईपास पर बंद कार को पीछे से धक्का मार रहे चार युवकों को ट्रोले ने कुचल दिया जिनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घोयल हो गया

भोपाल सागर क्षेत्र में कार पलटने से एक युवक की मौत हुई है वही सायरा क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक और एक वृद्ध की मौत हुई हैभरतपुर में कल रात एक कार बैकाबू होकर बिजली के खम्बे से टकरा गई

जैसलमेर के रामगढ गांव में कल नहरी क्षेत्र में स्थित बने डिग्गी में दो लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई

दलदल होने के कारण ये हादसा हुआ

तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते एकदम ठंडक का असर महसूस होने लगा है

भारती के हेमांग जायसवाल और संजय टांक ने गोल्ड मेडल जीते

आज सीनियर वर्ग में पुरूष और महिला वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे